ब्रंदी में कोरोना संकमण के चलते स्थगित हुए तीज मेले के रंग अब वेबसाइट के जरिये आमजन देंख पाएंगे जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने ऑनलाइन वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए बताया कि इसके माध्यम से तीज माता की सवारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां देखी जा सकेंगी वेबसाइट पर तीज मेले के रियासतकालीन फोटो सजाए गए हैं

जिला कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि अन्य धार्मिक स्थलों में होने वाले मेलों और आयोजनों को भी स्थगित किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में आज सुबह आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है

महिलाओं की सुरक्षा एनडीए सरकार की नीति उसकी शासन संबंधी प्राथमिकताओं और कार्य सूची का अभिन्न अंग है पिछले छह वर्षों में सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनका कल्याण सुनिश्चित करने की कई अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बालिकाओं का जीवन बचाने उन्हें पढ़ाई का मौका देकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद मिल रही है इस अभियान में झेंझन् जिले ने जो नवाचार किए उसके कारण लगातार तीन सालों तक झुंझुनूं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर ब्रंदी भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़गढ़ पाली जिलों और इनसे लगते क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है जयपुर के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है इस बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी है राजधानी जयपूर में आज सुबह कुछ जगह हल्की वर्षा हुई